कोविड संक्रमण से बचाव हेत् टीकों के परीक्षण का काम जारी

श्रम मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार ने उद्योगों के लिए श्रम कानून में ढील दी है

ये कोश फरीदाबाद भुवनेश्वर नई दिल्ली पुणे और बेंगलुरू में बनाए गये हैं

एक दिन में स्वस्थ होने वालों की यह सबसे बड़ी संख्या है

शनिवार कोरोना पाजिटिव मिले यह सभी लोग गरूड़ क्षेत्र के रहने वाले है स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी संक्रमितों को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करा दिया है जिले में दूसरी बार एक साथ इतनी संख्या में मरीज मिलने से स्थानीय प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है

स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन विद्यार्थियों को योद्वा बनने और अपना मार्ग तय करने का आत्मविश्वास प्रदान करता है

स्वच्छ भारत मिशन स्वच्छ भारत मिशन ने देश में स्वच्छता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है ये अभियान ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अलग अलग चलाया गया

खुले में शौच जाने से मुक्त रहने की स्थिति बरकरार रखने और कोई भी परिवार शौचालय से वंचित न रहे यह सुनिश्चित करने के लिए इस अभियान का दूसरा चरण शुरू किया गया है इसे ओडीएफ प्लस का नाम दिया गया है जिसमें ठोस और तरल कचरे के प्रबंधन पर विशेष जोर दिया जा रहा है

संस्कृत दिवस विश्व संस्कृत दिवस पर कल आकाशवाणी से विशेष कार्यक्रम प्रसारित किया जायेगा

बहजन भाषा संस्कृत भाषा शीर्षक से यह अपने ढंग का अनूठा कार्यक्रम होगा

लालकुआं दुग्ध संघ के प्लांट का निरीक्षण करने पहंचे दग्ध विकास राज्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि लालकआ में राज्य का सबसे बडा दुध और दुध के पदार्थों का उत्पादन प्लांट है जो काफी पुराना हो गया है अब केंद्र सरकार की मदद से जल्द यहां पर एक लाख लीटर उत्पादन क्षमता का हाईटेक प्लांट लगाया जाए दुग्ध विकास राज्य मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार स्वरोजगार को प्रोत्साहन देने के लिए सबसे ज्यादा योजनाएं दुग्ध विंकास विभाग के माध्यम से चला रही है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत दुधारू पश् योजना शुरू की गई है जिससे पश्पालकों को काफी फायदा होगा वेबिनार राज्य के श्रम मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा है कि कोरोना महामारी के कारण सभी प्रकार के उद्योगों पर विपरीत असर पडा है आज स्ट्रेटजी फॉर मैनेजिंग पर्सनल फाइनेंस विषय पर राष्ट्रीय वेबिनार में उन्होंने कहा कि धीरे धीरे स्थिति सामान्य हो रही है उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में स्थापित उद्योगों के लिए श्रम कानूनों में कुछ ढील दी गई है उनके लिए पर्यावरण से संबंधित परमिट में भी शिथिलता रखी गई है

यह अब केवल रोजगार देने वाली योजना नहीं रह गई है हमारे संवाददाताने बताया कि इस योजना के तहत क्षेत्र में रोजगार देने वाली कई इकाइयां खुल गई हैं जो ग्रामीण लोगों को आजीविका के साधन उपलब्ध करा रही हैं चलो गांव की ओर जम्मू कश्मीर सरकार ने जमीनी स्तर पर लोगों तक पहुंचने के लिए पिछले साल अपनी तरह की अनोखी पहल में चलो गांव की ओर कार्यक्रम आरम किया था इस कार्यक्रम का उद्देश्य पंचायतों को सशक्त बनाना सरकारी कार्यक्रमों के अमल पर लोगों की राय लेना स्थानीय स्तर पर आर्थिक क्षमता का आकलन करना तथा ग्रामीण आवश्यकताओं का पता लगाना है

अपने संदेश में श्रीमती मौर्य ने कहा है कि रक्षाबंधन का पर्व हमारी समुद्ध संस्कृति और परंपराओं का प्रतीक है रक्षाबंधन भाई बहन के बीच स्नेह सम्मान और विश्वास की भावना को व्यक्त करता है उन्होंने प्रेम स्नेह और विश्वास के उत्सव रक्षाबंधन पर सभी लोगों से बालिकाओं के समग्र कल्याण और सशक्तीकरण का संकल्प लेने का भी आवहन किया है

विधानसभा अध्यक्ष प्रेम चन्द्र अग्रवाल मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत और काग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्य कान्त धस्माना ने भी प्रदेश वासियों को रक्षाबंधन पर्व की पूर्व संध्या पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं रक्षाबंधन हरिद्वार जिले की रुड़की उप कारागार में महिला बंदियों को आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ रोजगार से भी जोड़ा जा रहा है उप कारागार में बन्दी महिलाएं रक्षाबंधन पर्व के लिए राखियां तैयार कर रही है जिन्हें रुड़की तहसील परिसर में स्टॉल लगाकर लोगों को सुलभ कराया जा रहा है